विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने देहरादून स्थित विधानसभा में सत्र की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने कहा कि कोरोना काल में शुरू होने जा रहे सत्र को लेकर प्री सतर्कता बरती जाएगी और हर पहल् का ध्यान रखा जाएगा उन्होंने कहा कि सभी विषयों पर मंथन किया जा रहा है सोशल डिस्टेंसिंग सेनिटाईजेशन और रेपिड टेस्ट कराए जाने सभी का पालन किया जाएगा

बैठक के बाद शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि विधानसभा सत्र आहत किये जाने की अधिसूचना हो जाने के कारण नीतिगत फैसलों की जानकारी नहीं दी जा सकती है बैठक में राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यों ने भाग लिया मुख्य सचिव म्ख्य सचिव ओम प्रकाश ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण से संबंधित विभागीय अधिकारियों को काम समय पर ग्णवता के साथ पूरा करने के निर्देश दिये हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई बैठक में उन्होंने संबंधित जिलाधिकारियों रेल विकास निगम लिमिटेड आरवीएनएल के साथ समन्वय बनाकर हर तरह की प्रशासनिक सहायता उपलब्ध कराने को कहा है मुख्य सचिव ने कहा कि रेलवे लाइन में बनने वाले टनलों में विशेषकर जो वन क्षेत्र में हो उनमें सेंसरयुक्त गेट लगाये जाएं जिससे जंगली जानवरों के साथ कोई द्र्घटना न हो कुंभ मेला कार्य गढ़वाल मंडल आय्क्त रविनाथ रमन ने हरिद्वार में चल रहे महाक्भ के निर्माण कार्यो का निरीक्षण किया उन्होंने सभी कार्य दिसंबर तक प्रा होने की उम्मीद जताई है उन्होंने कहा कि कार्यो की ग्णवत्ता को मापने के लिए थर्ड पार्टी जांच कराई जाएगी ताकि सभी निर्माण कार्यों की ग्णवत्ता का पता लगाकर उसमें स्धार किया जा सके कमिश्नर गढ़वाल ने निर्माण कार्यो को संतोषजनक बताया उन्होंने कहा कि सभी स्थाई कार्य निर्माण क्म्भ मेला और अन्य स्थानीय आवश्यकताओं की दृष्टि से बहपयोगी साबित होंगे अगले साल हरिदवार में महाकृंभ का आयोजन होना है जिसको लेकर केंद्र और राज्य सरकार ने पहले ही बजट आवंटित कर दिया है हरिद्वार में राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य प्रगति पर है इसी तरह घाटों और पुलों का भी निर्माण चल रहा है

बागेश्वर टेलीमेडिसन बागेश्वर जिले में बेहतर स्वास्थ्य सुविधायें सुनिश्चित कराने के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों पर टेलीमेडिसन और टेली कंस्लटेंसी की सेवाएं शुरू की गयी है बागेश्वर के छानी और बनलेख स्वास्थ्य केन्द्र के साथ ही गरूड़ के कौसानी और कन्धार स्वास्थ्य केन्द्रों में इंटरनेट की स्विधा उपलब्ध करवाते हुए टेलीमेडिसन टेलीकंस्लटेंसी की स्विधा को बहाल की गई है इस स्विधा से मरीज संबंधित स्वास्थ्य केन्द्र में पहंचकर इंटरनेट के माध्यम से संबंधित बीमारी के विशेषज्ञ से परामर्श प्राप्त कर सकता है इससे मरीज को जिले में ही बेहतरीन चिकित्सीय परामर्श मिल सकेगा इस स्विधा के अन्तर्गत दिल्ली श्रीनगर मेडिकल कालेज जैसे बड़े संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सक मरीजों को परामर्श देंगे विधानसभा आयुष किट विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए विधानसभा के सभी कर्मचारियों को आय्ष किट वितरित करवाई विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना से घबराने की बजाय सावधान रहे उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की अन्पालन के साथ साथ सबको अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाना होगा इसके लिए प्रतिदिन योगासन प्राणायाम को जीवनशैली में शामिल करना होगा आय्ष किट में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाली चीजें शामिल की गई हैं इसमें विशेष प्रकार का काढ़ा और आयुर्वेदिक गोलियां शामिल हैं

इस बीच देहरादून कलेक्ट्रेट के एक कर्मचारी में कोरोना की प्ष्टि हई है

उधर टिहरी जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर जिलाधिकारी मंगेश घिल्डियाल ने क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ कर मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का अन्पालन हर दशा में कराने के निर्देश दिये मास्क न पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालो के विरुदध कार्रवाई की जाएगी हेमकंड साहिब कपाट उत्तराखंड में सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकंड साहिब के कपाट आज श्रद्धाल्ओं के लिए खोल दिये गए हैं

इसी के साथ लक्ष्मण लोकपाल मंदिर के कपाट भी विधि विधान और पूजा अर्चना के साथ श्रद्धाल्ओं के लिए खोल दिये गए

कोरोना संकट के कारण इस बार हेमक्ंड के कपाट तीन महीने बाद ख्ले हैं

हू नेट और एन्टिजन टेस्ट की रिपोर्ट मान्य नहीं होगी

म्ख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने हेमकंड साहिब ग्रुद्वारे और लक्ष्मण मंदिर के कपाट खोले जाने पर सभी श्रद्धालुओं को श्भकामनायें दी हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के चलते इस वर्ष यहां सीमित संख्या में यात्रियों को अनुमति दी जा रही है

जनजातीय छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की दिशा में उनकी यह उपलब्धि सरकार के प्रयासों का एक प्रमाण है

आदिवासी छात्रों के शैक्षणिक और सर्वागीण विकास के बीच एक अच्छा संतुलन बनाते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रयासों को सही दिशा में ले जाना उनकी उपलब्धि है सुधा पेन्ली को जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी बधाई दी है